श्री मोदी ने कार्मिक जन शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष सभी नीतिगत मुद्दें और ऐसे विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं है वो विभाग अपने पास रखे हैं अमित शाह नये गृहमंत्री बनाये गये हैं राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया है डीवी सदानंद देवगौड़ा को रसायन और उर्वरक मंत्री और मोदी की पिछली सरकार में रक्षा मंत्री रही निर्मला सीतारमण को वित्त और कार्पोरेट मामले की जिम्मेदारी दी गई है

मंत्रियों के बीच आज हुये विभागों के बंटवारे में नितिन गडकरी को सड़क परिवहन राजमार्ग एस जयशंकर को विदेश रामविलास पासवान को उपभोक्ता मामले खाद्य और नागरिक आपूर्ति नरेन्द्र सिंह तोमर को कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग दिया गया है मंत्रियों में ही रविशंकर प्रसाद को विधि और न्याय संचार इलेक्ट्रनिक्स और आईटी हरसिमरत कौर को खाद्य प्रसंकरण थवरचंद गहलोत को सामाजिक न्याय डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर को विदेश रमेश पोखरियाल निशंक को मानव संसाधन विकास अर्जुन मुंडा को आदिवासी मामले स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय डॉ हर्षवर्धन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान और प्रकाश जावड़ेकर को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन और सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया है मंत्री पियूष गोयल को रेलवे उद्योग और वाणिज्य धर्मेन्द्र प्रधान को प्राकृतिक गैस और इस्पात पेट्रोलियम प्रहलाद जोशी को खनन कोयला और संसदीय कार्य महेन्द्रनाथ पांडेय को कौशल विकास उद्यमशीलता अरविंद सावंत को भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम और गिरिराज सिंह को पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन विभाग दिया गया है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंद्रजीत सिंह को सांख्यकीय कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना विभाग दिया गया है श्रीपद नाईक को आयुष विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है उनके पास रक्षा मंत्रालय का प्रभार राज्य मंत्री के रूप में भी रहेगा डॉ जितेन्द्र सिंह को पूर्वोत्तर राज्यों का विकास और पीएमओ का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है किरण रिजिजू खेल एवं यूवा और अल्पसंख्यक मामले प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति और पर्यटन राजकुमार सिंह ऊर्जा नवीन और नवकरणीय कौशल विकास हरदीप सिंह पुरी आवास एवं नगरीय विकास सिविल एवियेशन वाणिज्य और उद्योग और मनसुख लाल मंडाविया जहाजरानी विभाग के स्वतंत्र राज्य मंत्री होंगे

तंबाकू निषेघ दिवस विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में तम्बाकू सेवन के दुष्परिणामों से लोगों को अवगत कराने के लिये कई कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता ने बताया है कि युवाओं में बढ़ती हुई ध्र्मपान की बुरी आदत को रोकने के लिये आज जिला मुख्यालय स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी से एक रैली निकाली गई है जो नगर के प्रमुख मार्गो से गांधी उपवन पहुंची जहां मौजूद लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर आज शहर में जनजाग्रति रैली निकाली गई और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया वहीं नरसिंहपुर में विद्यार्थियों ने मादक पदार्थो की बढ़ती रोकथाम और इसके दृष्परिणामों के बारे में लोगों को जानकारी दी गुना में भी इस अवसर पर जिला चिकित्सालय परिसर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है भिंड मुरैना ग्वालियर इन्दौर धार होशंगाबाद मुरैना डिंडौरी अशोकनगर सीहोर और आगरमालवा सहित विभिन्न जिलों से जागरूकता कार्यक्रम के समाचार मिले हैं आवास मंत्री प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने कहा है कि राज्य के सभी नगरीय निकायों में इंदौर मॉडल के आधार पर स्वच्छता अभियान चलाया जाये उन्होंने कहा कि अभियान की सतत मॉनीटरिंग भी की जाये श्री सिंह ने मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से किया जाये

मौसम केन्द्र भोपाल ने ग्वालियर चम्बल छतरपुर खजुराहो नौगांव में लू चलने की आशंका जताई है

जो कि सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस से अधिक है अभी एक दो दिन भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं